मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में कल शिमला में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसला लिया गया

मंत्रिमंडल ने कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए कंटेनमेंट ज़ोन में सख्ती लागू करने का भी निर्णय लिया कृषि सुधार कानून केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए वचनबद्व है और उनके कल्याण के मुद्दों पर बातचीत के रास्ते सदैव खुले हैं नई दिल्ली में कल किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि कृषि सुधार कनूनों से देश के कृ षकों को बहुत अधिक लाभ होगा कृषि मंत्री ने जोर देकर कहा कि सरकार किसानों के कल्याण को लिए पूरी तरह कटिबद्ध है और कृषि का विकास भारत सरकार की प्राथमिकता है कृषि मंत्री ने ये भी कहा कि सरकार ने किसानों से आंदोलन स्थगित करने और बातचीत के लिए आगे आने की अपील की है मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कोरोना महामारी से बचाव के लिए प्रदेश सरकार द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रियाओं को प्रभावी तरीके से लागू करने पर बल दिया है वे कल भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ आयोजित वर्चुअल बैठक को संबोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का पालन न करने और अनलॉक के दौरान बरती जा रही लापरवाही के कारण प्रदेश में कोविड के मामलों में वृद्धि हुई है मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल के सदस्यों से उन्हें सौंपे गए जिलों में हिम सुरक्षा अभियान के प्रभावी कार्यान्वयन का आग्रह भी किया इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को कोरोना महामारी के प्रसार को रोकने के लिए समर्पण भाव से कार्य करना चाहिए इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज प्रदेश के सभी उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ शिमला में एक बैठक करेंगे

एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र को रदद करने संबंधी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है अमर उजाला की सुर्खी है विधानसभा का शीत सत्र रद्द एसडीएम से लेना होगा हर समारोह के लिए परमिट पंजाब केसरी लिखता है धर्मशाला में सात दिसम्बर से होने वाला शीतकालीन सत्र रदद दिव्य हिमाचल के शब्द हैं कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते जयराम कैबिनेट का फैसला राज्यपाल को दी जानकारी दैनिक जागरण का शीर्षक है नहीं होगा शीतकालीन सत्र मंत्रियों की जनसभाओं पर रोक दैनिक भास्कर ने लिखा है पहली बार हिमाचल का शीतकालीन सत्र रदद नेताओं के सार्वजनिक कार्यक्रमों पर लगी रोक हिमाचल दस्तक और अजीत समाचार का एक जैसा शीर्षक है शीतकालीन सत्र रद मंत्री और विधायकों के कार्यक्रमों पर रोक आपका फैसला के मुताबिक कोरोना संकट के चलते टाला हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र

आपका फैसला राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के हवाले से लिखता है बदलते मौसम के अनुरूप बदलाव लाएं शोधकर्ता